मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

श्री मोदी ने कहा कि बिरसा मुंडा सही अर्थों में गरीबों के मसीहा थे भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ अपने पारंपरिक तीर कमान से ही बन्द्रक और तोपों से लैस अंग्रेजी शासन को हिलाकर रख दिया था दरअसल जब लोगों को एक प्रेरणादायी नेतृत्व मिलता है तो फिर हथियारों की शक्ति पर लोगों की सामूहिक इच्छाशक्ति भारी पड़ रही है भगवान बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों से न केवल राजनीतिक आजादी के लिए संघर्ष किया बल्कि आदिवासियों के सामाजिक और आर्थिक अधिकारों के लिए भी लड़ाई लड़ी

वंचितों और शोषितों के अंधेरे से भरे जीवन में लिए सूरज की तरह चमक बखेरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पारदर्शी तरीके से ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रही है लेकिन आम नागरिकों को भी सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए

श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने गोरखपुर जनपद में चयनित पांच वनटांगिया बस्तियों को राजस्व ग्राम का दर्जा दिया है उन्होंने कहा कि मूलभूत सुविधाओं से वंचित इन गांवों में ज़मीन के मालिकाना हक़ के साथ साथ बिजली सड़क आवास पेयजल सहित अन्य सुविधाएं वनटांगिया समुदाय के लोगों को उपलब्ध कराई गई हैं इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दस लाभार्थियों को स्वीकृति प्रमाण पत्र पुष्टाहार योजना के लाभार्थियों को ड्राई राशन किट और प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थियों को यूनीफॉम और स्वेटर वितरित किये इस अवसर पर भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल विधायक विपिन सिंह और महेन्द्र पाल सिंह भी मौजूद थे

देश में नये मामलों की संख्या कुल मामलों का सिर्फ़ पांच दशमलव चार चार प्रतिशत है

इस समय देश में संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत एक दशमलव चार सात है जो दुनिया के अधिकांश देशों की तुलना में न्यूनतम है

उन्होंने बताया प्रदेश में पिछले चौबीस घंटे में कोरोना से संक्रमित चौदह सौ नये मामले आये हैं और इस समय लगभग तइस हज़ार कोरोना के सक्रिय मामले हैं श्री कूमार ने बताया कि प्रदेश में कल एक दिन में इक्यासी हजार नौ सौ बहत्तर सैम्पल की जांच की गई है जबकि अब तक एक करोड़ सत्तर लाख से अधिक सैम्पल की जा चुकी है उन्होंने बताया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण कम होने के बाद भी राज्य सरकार ने ज्यादा से ज्यादा जांच पर फोकस कर रही है खेल मंत्रालय ने अपनी तरह की अनूठी पहल के तहत निजी क्षेत्र की पांच सौ अकादमियों को आर्थिक सहायता देने की शुरुआत की है

केन्द्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि इन संस्थानों को सरकारी सहायता देना महत्वपूर्ण है ताकि देश के दूर दराज इलाक़ों में भी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन दिया जा सके उन्होंने कहा कि इस फैसले से खासतौर से निजी क्षेत्र की अकादमियों को बुनियादी ढांचे के स्तर संसाधन और खेल विज्ञान सहायता में सुधार को प्रोत्साहन मिलेगा और खिलाड़ियों को बेहतरीन प्रशिक्षण मिल सकेगा

प्रदेश भर में आज गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है मथुरा और वृंदावन में गोवर्धन पूजा विशेष रूप से धार्मिक श्रद्धा और भक्तिभाव से की जा रही है एक रिपोर्ट बड़ी संख्या में विदेशियों और स्थानीय लोगों के साथ ही देश भर से आए श्रद्वालु मथुरा वृंदावन और गोवर्धन इलाके में मौजूद भगवान कृष्ण के विभिन्न मंदिरों में प्रभू की आराधना कर रहे हैं कोविड महामारी के चलते ऐतिहासिक गोवर्धन परिक्रमा की अनुमति इस बार नहीं दी गई है

इस अवसर पर गोवंश की पूजा करने की भी परंपरा है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ वहीं अयोध्या में अन्नकूट महोत्सव मनाया जा रहा है यह दीपावली का चौथा महत्वपूर्ण पर्व है

और विवरण हमारे प्रतिनिधि से चौदह वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थियों में रहे भगवान राम को आज छप्पन प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाकर उन्हें तृप्त करने के लिए सुबह से ही सभी मंदिरों में छप्पन प्रकार के व्यंजन बनाये गए द्य प्रथम आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया जा रहा है द्य अन्नकूट महोत्सव की धार्मिक क्रियाओं के बारे में बता रहे हैं झुनकी घाट के महंत श्री प्रभंजनानंद जी महाराजभगवान् को प्रातः काल साढ़े तीन बजे अभिषेक किया जाता है वो साढ़े तीन घंटे का अभिषेक होता है द्यमज्जन होता हैउसके पश्चात् वैदिक परम्परा से पूजन अर्चन होती है द्यउसके बाद भगवान् को सजाया जाता हैउसके पश्वात् उनके समक्ष हम छप्पन भोग का भोग लगा करके निवेदन करते हैं की ये छप्पन भोग नहींबल्कि छप्पन भोग व्यंजनों में हमारे भाव छिपे हुए हैं ठाकुर जी हमरे भाव को आप ग्रहण करें अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आये श्रद्धालु पंक्ति बद्ध देखे जा रहे हैं राजेन्द्र सोनी आकाशवाणी समाचार अयोध्या उधर कन्नौज में गोवर्धन पूजा के लिये सुबह से ही महिलाओं ने घरों के आंगन में श्री गोवर्धन गिरिराज जी महराज की आकृतिया बना कर पूजा अर्चना की आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने पूरी सृष्टि को प्रकृति के महत्व से अवगत कराया था

इस परम्परागत आयोजन के दौरान मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल सहित अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में श्रद्धालुओं को प्रसाद भी बांटा गया इसके अलावा चित्रकूट में आज मशहूर लट्ठमार दीवाली लोकनृत्य का प्रदर्शन हो रहा है जबकि दीवाली के अगले दिन जमघट के अवसर पर लखनऊ में पतंग उड़ाने की विशेष परंपरा है यहां सुबह से ही आसमान में पतंगें नज़र आने लगी थीं पतंगबाजो का यह क्रम शाम तक जारी रहा रामपुर ज़िले में डाक विभाग ने पेंशन धारकों की सुविधा के लिए एक अनूठी पहल की है इस पहल के तहत पेंशनधारकों को उनके घर पर ही जीवन प्रमाण पत्र मुहैया कराया जायेगा और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से पेंशनधारकों को हर साल अपने जीवत होने का प्रमाणपत्र देने के लिए कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं अब उन्हें प्रमाण पत्र के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी डाक विभाग ने उनकी इस परेशानी का आसान उपाय निकाला है पेंशनधारक के एक फोन पर डाकिया उनके घर आकर जीवन प्रमाणपत्र जारी करेगा इससे जिले के करीब आठ हजार पेंशनधारकों को आसानी होगी डाकिया उनके घर आकर बायोमैट्रिक आधारित डिजिटल सेवा के माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र प्रदान करेगा इसमें केन्द्र राज्य सरकार व अन्य सरकारी संस्थाओं के पेंशनभोगी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं

वह फोन करने वाले पेंशनभोगी के नजदीकी डाकिये को वहां भेज देंगे